यह बातचीत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से होगी प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया कि जिनोवा बायोफार्मा बायोलॉजिकल ई तथा डॉक्टर रेड्डीज के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में शामिल होंगे गृह विभाग ने प्रदेश में कोरोना संकमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नई गाइड लाइन जारी की है इसके अनुसार कोविड पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों की सूची बनाए जाएगी

कन्टेमेंट जोन में अब केवल आवश्यक गतिविधियां ही संचालित हो सकेंगी वहीं राज्य के पांच और जिलों नागौर पाली टोंक सीकर और श्रीगंगानगर में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक का रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाया जाएगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि टेस्ट ट्रैक और ट्रीट के प्रभावी कार्यान्वयन के कारण मृत्यु दर में कमी आई है

पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री और राजसमंद से विधायक किरण माहेश्वरी का कल देर रात निधन हो गया वे कोरोना से संकमित थीं और गुरूग्राम के एक अस्पताल में भर्ती थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश प्रनिया सहित प्रदेश के कई नेताओं ने श्रीमती माहेश्वरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है गुरू नानक देव जी का पांच सौ इक्यावन वां प्रकाश पर्व आज देशभर में परंपरागत श्रद्वाभाव के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर गुरूद्वारों में शबद कीर्तन के कार्यकम रखे गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी देशवासियों को गुरू नानक देव जयंती पर शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गुरू नानक जयन्ती और कार्तिक पूर्णिमा की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ रहा है कई जगहों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है